इनमें से साठ सीटों पर भाजपा और उसके सहयोगी अपना दल एस ने बढ़त बना ली है बहराइच संसदीय सीट का परिणाम मिल गया है यहां पर भारतीय जनता पार्टी के अक्षैवर लाल ने समाजवादी पार्टी प्रत्याषी षब्बीर बाल्मीकि को एक लाख अट्ठाईस हजार मतो से हराकर चुनाव जीत लिया है एक रिपोर्ट आज सुबह प्रदेष की सभी अस्सी सीटों सहित आगरा उत्तर और लखीमपुर खीरी की निघासन विधानसभा सीटों के उप चुनावों की मतगणना ष्रू होते ही लोगों की निगाहे प्रमुख सीटों के रूझानों पर टिकी हुई थी प्रूआती रूझान से भारतीय जनता पार्टी को भारी बढत मिली और कार्यकताओं के चेहरों पर खषी झलकने लगी वहीं अन्य दलों में कहीं खुषी तो कहीं गम का माहौल नजर आया

इस बीच कन्नौज में सपा के राश्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेष यादव की धर्मपत्नी और निवर्तमान सांसद डिम्पल यादव का भाजपा प्रत्याषी सुब्रत पाठक से पीछे होना और अमेठी में केन्द्रीय स्मृति ईरानी का अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी पर बढत बनाना लोगों में चर्चा का विशय बना हुआ है लगभग सभी सीटों पर मतगणना का काम अंतिम चरण में हैं लोगों को परिणामों की घोशणा का बेसब्री से इंतजार है

वहीं गठबंधन में षामिल बसपा बारह सपा छह और राश्ट्रीय लोकदल के एक सीट पर जीतने की प्रबल संभावना है

लोकसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों में भाजपा की बढ़त दो सौ इक्यानवे सीट तक पहुंच गई है कांग्रेस पचपन सीटों पर बढ़त बनाए हए है निर्वाचन आयोग ने सभी पॉच सौ बयालीस सीटों के रुझान जारी किये हैं रुझानों में भाजपा दो हजार चौदह के अपने प्रदर्शन में सुधार कर ज्यादा सीटें जीतती दिख रही है दो हजार चौदह में भाजपा ने लोकसभा की दो सौ बयासी सीटें जीती थीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है उन्होंने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीभारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी विजय दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनन्दन देशवासियों के प्रति हृदय से क्रतज्ञता व्यक्त करती हूं भारतीय जनता पार्टी के वयोवद्ध नेता लाल क्रष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलाने के लिए बधाई दी है श्री आडवाणी ने आज नई दिल्ली में जारी एक बयान में कहा कि श्री मोदी ने इस चुनाव में भाजपा को अभूतपूर्व जीत दिलाई है और इसके लिए वह उन्हें हृदय से बधाई देते हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनियाभर के राजनेताओं ने टिवटर के जरिए बधाई दी है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू ने ट्वीट कर श्री मोदी को बधाई दी है लोकसभा चुनाव के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहमत मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया आई है

मतगणना के रुझानों के आधार पर चुनाव परिणामों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उनकी सरकार के पिछले पांच साल के कार्यो और चुनाव प्रचार अभियान का नतीजा माना जा रहा है प्रदेष के उप मुख्यमंत्री केषव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की षानदार जीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रभावषाली नेतृत्व और पार्टी प्रमुख अमित षाह की सांगठनिक क्षमता का परिणाम है आकाषवाणी संवाददाता सुषील चन्द्र तिवारी से विषेश बातचीत में श्री मौर्य ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के आधार पर जनता ने पुनः श्री मोदी के नेतृत्व में विष्वास व्यक्त किया है

अपने राश्ट्रीय अध्यक्ष अमितषाह के नेतृत्व संगठन के कार्यकर्ता को इसका श्रेय देंगे और सबका साथ सबका विकास करते हुए जो सबके विष्वास के आधार पर आषीर्वाद जनता ने फिर से एकबार दिया है

इसकी पूरी उम्मीद थी कि जितना विष्वास मोदी जी के नेतृत्व पर था उतना ही विष्वास हम लोगों को जनता पर भी था कि अगर इतना विष्वास हमने जताया है कि इसका आषीर्वाद भी जनता की ओर से हमको रिर्टन में आयेगा